अधिकारियों पर कार्य में लावरवाही बरतने का अरोप

राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग के मुजफ्फरपुर के बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा सहित मुंगेर मधुबनी भागलपुर अररिया और भोजपुर के सहायक निदेशक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है निलंबन का आदेश विभाग के निदेशक राजकुमार ने जारी किया है निदेशक ने बताया कि मुजफ्फरपुर के साथ मुंगेर की सीमा कुमारी अररिया के घनश्याम रविदास मधुबनी के सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग और अतिरिक्त प्रभार सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई कुमार सत्यकाम भागलपुर की एडीसीसी गीतांजलि प्रसाद तथा भोजपुर के तत्कालीन एडीसीसी आलोक रंजन को निलंबित किया गया है निलंबित अधिकारियों पर सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में संस्थान की संवासिनों के साथ मारपीट अभ्रद व्यवहार और अवांछित कार्य किये जाने की सूचना के बाद भी संस्थानों के विरूद्व कार्रवाई नहीं करने का आरोप है वहीं सीबीआई की टीम आज एक बार फिर बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच के लिए मुजफ्फरपुर जायेगी उधर रेलवे ने भी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के अखबार प्रातः कमल को काली सूचि में डाल दिया है पूर्व मध्य रेलवे के जन सम्पर्क अधिकारी रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि अखबार को विज्ञापन देने पर रोक लगा दी गयी है इधर मोतिहारी जिले के अल्पावास गृह की महिलाओं और बच्चियों पर भी यातना की सूचना मिलने के बाद स्वयं सेवी संस्था सखी के खिलाफ रघुनाथपुर ओपी में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है वस्तु और सेवा कर परिषद जीएसटी ने रूपे डेबिट कार्ड यूएसएसडी और भीम ऐप से भूगतान करने पर ग्राहकों को जीएसटी कर का बीस प्रतिशत कैशबैक के रूप में वापस करने की योजना बनायी है परिषद् की नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने और औपचारिक अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ाने के लिए डिजिटल भूगतान पर बीस प्रतिशत कैशबैक देने की योजना बनायी है उधर राज्य के उपमुख्यमंत्री सह जीएसटी मंत्री समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना में बिहार शामिल होगा उन्होंने कहा कि अभी तक डेढ़ दर्जन राज्यों ने इस योजना में शामिल होने की सहमति जतायी है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केन्द्र सरकार की योजना स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन ने ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता को बढावा देने और इससे होने वाले रोगों की रोकथाम में आरंभ से ही उल्लेखनीय भूमिका निभाई है रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना के अन्तर्गत उन्नीस राज्यों के लगभग चार लाख नब्बे हजार गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन और सिंचाई मंत्री नीतिन गड़करी ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत पचहत्तर हजार करोड़ रुपये के सभी कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश संबंधित विभागों को दिया है श्री गडकरी ने महाराष्ट्र में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पानी की भारी कमी की समस्या को हल करने की आवश्यकता है राज्य के चित्रकला और हस्तकला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उन्नीस कलाकारों का चयन स्टेट अवार्ड के लिए किया गया है उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की ओर से जारी सूची के अनुसार मधुबनी पेंटिंग के आठ टेराकोटा एप्लिक कसीदा सुजनी पेपरमेसी काष्ठ कला टिकुली और दरी कालीन के एक एक जबकि मंजूषा पेंटिंग और सिक्की कला के लिए दो दो कलाकारों का चयन किया गया है केन्द्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय देशभर के एक लाख छात्रों को इंस्पायर अवार्ड देगा इसमें पांच लाख मध्य विद्यालय और पांच लाख हाई स्कूल के छात्र शामिल होंगे इसके लिए दस लाख नये आईडिया लिये जायेंगे आवेदन इकतीस अगस्त तक ऑनलाईन किया जा सकेगा इंटर कम्पार्टमेंटल परीक्षा दो हजार अठारह के सभी सैद्वांतिक विषयों में पूछे गये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आज बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किये जायेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि विद्यार्थियों द्वारा दिये गये उत्तर के मूल्यांकन के लिए विषय विशेषज्ञों की टीम बनाकर प्रश्नों के उत्तर तैयार कराये गये हैं पूर्व मध्य रेलवे का प्रमुख स्टेशन मुगलसराय जंक्शन आज से पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाएगा इसकी घोषणा रेल मंत्री पीयुष गोयल करेंगे मौके पर श्री गोयल एकात्म एक्सप्रेस को हरि झंडी दिखायेंगे जो मुगलसराय से लखनऊ के चारबाग स्टेशन तक जायेगी इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत कई केन्द्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे रियल स्टेट रेगूलेटरी ऑथोरिटी रेरा ने अर्पाटमेंट बनाने वाले और प्लॉट विकसित करने वाले अठासी परियोजनाओं को चलाने वाली कम्पनियों को नोटिस भेजा है रेरा ने बताया कि ये सभी प्रोजेक्ट अनिबंधित हैं जिसकी बिक्री की जा रही है रेरा के एक अधिकारी ने बताया कि पटना समेत मुजफ्फरपुर राजगीर भागलपुर सासाराम वैशाली समस्तीपुर छपरा आरा और गया जिले में भी चल रहे रियल स्टेट प्रोजेक्ट कम्पनियों को नोटिस भेजा गया है राज्य में नई बनने वाली सड़के अब सात साल तक वारंटी पीरियड में रहेंगी इस अवधि में किसी भी तरह की टूट फूट होने पर संबंधित निर्माण एजेंसी उसकी मरम्मत करायेगी इसके साथ ही इस अवधि में निर्माण के बाद कम से कम एक बार सड़क का कालीकरण फिर से करना होगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किसान सलाहकार और कृषि समन्वयकों को निर्देश दिया है कि हर महीने की पन्द्रह तारीख को लगने वाले एसीसी शिविर में कम से कम दो सौ किसानों से आवेदन लेने की व्यवस्था करे उन्होंने कहा कि पन्द्रह अगस्त को लगने वाले शिविर अब सोलह अगस्त को लगाये जायेंगे नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से प्रदेश की कई नदियाँ का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार बागमती कोसी बूढ़ी गंडक कमला बलान लालबकैया और अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं वहीं बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में और दरभंगा के हायाघाट में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है उधर कमला बलान का जलस्तर मधुबनी जिले के झंझारपुर में खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है जबकि गंगा और सोन नदी के जलस्तर में तेजी भी से बढ़ोतरी हो रही है गंगा नदी का जलस्तर मुंगेर भागलपुर और कहलगांव में लाल निशान के आसपास पहुंच गया है जिसके कारण इन नदियों के किनारे स्थित गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है प्रभावित लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तीन ने हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है खगड़िया और समस्तीपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है बरामद शराब का मूल्य लाखों रुपये बताया जा रहा है सारण जिले में रिविलगंज थाना क्षेत्र के सिताबदियारा गांव के पास गंगा नदी में बालू लदे नाव के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि बालू लदे नाव पर सत्रह मजदूर सवार थे दुर्घटना में सोलह मजदूर तैरकर बाहर निकल आये जबकि एक मजदूर डूब गया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दूस्तान की सूर्खी है मूजफ्फरपूर कांड के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का धरना दैनिक जागरण ने असम के मामले पर शीर्षक लगाया है एनआरसी के मामले में खुलकर उतरी कांग्रेस दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी देते हुये लिखा है एससी और एसटी के आरक्षण को कोई नहीं छिन सकता प्रभात खबर ने सोना लूटकांड में पटना पुलिस के चार जवानों का हाथ चार अन्य गिरफ्तार को प्रमुख खबर बनाया है

अधिकारियों पर कार्य में लावरवाही बरतने का अरोप